उच्चतम न्यायालय ने कहा लोक प्राधिकारी के नाते सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरीडोर परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिये किया पोर्टल और एप का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के उद्योगपतियों से भारत में विशेषकर ढांचागत विकास के क्षेत्र में निवेश करने को कहा है उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सर्वाधिक खुली और निवेश अनुकूल अर्थव्यवस्था है ब्राजील के राजधानी ब्राजिलिया में ब्रिक्स व्यापार मंच के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता आशावादी नीति और व्यापार अनुकूल सुधारो के कारण ऐसा हुआ है उन्होंने कहा कि भारत असीमिति अक्सरो का देश है श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के पांचों देश ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका ने वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद आर्थिक विकास किया है उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के विश्व की आर्थिक वृद्वि में आधी भागीदारी है विश्व में मंदी के बावजूद ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास की गति बनाए रखी लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में नए लक्ष्य प्राप्त किए प्रधानमंत्री श्री मोदी ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील में हैं बैठक में आतंकवादरोधी सहयोग तंत्र तैयार करने और विश्व की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के सम्बंध सुदढ़ बनाने जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत की जायेगी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय लोक प्राधिकारी के नाते सूचना के अधिकार अधिनियम आरटी आई के दायरे में आता है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद कल ये निर्णय सुनाया उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में व्यवस्था दी थी कि लोक प्राधिकारी का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे न्यायालय ने कहा कि केवल उन्हीं न्यायाधीशों के नाम बताये जा सकते हैं जिनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए की गई है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया श्री जावड़ेकर सुबह उद्योग भवन पहुंचे जहां भारी उद्योग सचिव आशा राम सिहाग और सार्वजनिक उपक्रम सचिव शैलेष ने उनका स्वागत किया इस अवसर पर दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दो दिन पूर्व श्री जावड़ेकर को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा था श्री जावड़ेकर इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यमार भी देख रहे हैं शिवसेना के अरविंद सावंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कारण यह पद रिक्त हुआ था सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में दृश्य श्रव्य गीत जारी किया यह फिल्म समारोह गोवा में इस महीने की बीस से अट्ठाईस तारीख तक होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रेरक गीत में समारोह में दिखाई जाने वाली सकारात्मक सामाजिक प्रभाव वाली फिल्मों के अंश दर्शाए गए हैं गीत में पचास से अधिक फिल्मों के अंशों को नौ रसों के साथ संयोजित किया गया है इस गीत के अलावा एक रेडियो जिंगल भी जारी किया गया इस अवसर पर श्री अमित खरे ने कहा कि फिल्म समारोह आध्निक अक्धारणा है जबकि नाटक और गीत का चलन हमारे देश में हजारों वर्षो से रहा है फित्म और फिल्म महोत्सव भले ही आध्निक समय की देन हो लेकिन नाटव की परंपरा गीत और संगीत की परंपरा हमारे देश में एतिहासिक है हजारो वर्षो से चली आ रही है और मैं अभारी हूं गीता जी का कि उन्होंने इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए नाट्वशास्त्र पर अधारित थीम सांग तैयार किया है इस मौके पर फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी उपस्थित थीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन बताते हुए इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने परियोजना प्रबंधकों को निर्माण कार्य स्थल पर रह कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में इन तीनों परियोजनाओं के निर्माण कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना में सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ और गाजीपुर में भूमि अधिग्रहण में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पचास करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं की मुख्य सचिव प्रत्येक पंद्रह दिन पर संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे सौ करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी नजर रखेंगे मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना पर तत्काल कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित पर्यावरण प्रद्यण नियंत्रण प्राधिकरण ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी स्कूलों को आज और कल बंद रखने का आदेश दिया है

प्राधिकरण ने कल तक दिल्ली एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ये आदेश गाजियाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद गुरूग्राम बहादुरगढ़ भिवाड़ी सोनीपत और पानीपत में भी लागू होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश के गन्ना किसानों की सुविधा के लिये बनाये गये पोर्टल केन यूपी डॉट इन और ई गन्ना मोबाइल एप का शुभारम्भ किया इस पोर्टल और एप के माध्यम से प्रदेश के सभी गन्ना किसानों को गन्ना सर्वेक्षण बेसिक कोटा सट्टा गन्ना कलैडरिंग पर्चियों के निर्गमन और गन्ना आपूर्ति से संबंधित जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध हो जायेगी इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्व है और इसके लिये कई योजनाएं चालू की गई है श्री योगी ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्ष में गन्ना विक्रय के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है घटतौली तथा गन्ना पर्ची मिलने में परेशानी को दूर किया गया है उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को छिहत्तर हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है श्री योगी ने कहा कि जब तक खेत में गन्ना है तब तक पेराई के लिये मिले चलती रहेंगी राज्य के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आरभूस रेड्डी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह पोर्टल और एप किसानों की समस्या के त्वरित समाधान के लिये बनाया गया है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सहजता के साथ उनके गन्ने की पेराई हो सके इस सुविधा के शुरू हो जाने से किसानों को यह सभी जानकारियां घर बैठे मिल सकेंगी अयोध्या में राम जन्म भूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिये एक ट्रस्ट का गठन करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में केन्द्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिये हैं इस बीच विश्व हिन्दू परिषद ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में शामिल किये जाने का आग्रह किया है विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने अयोध्या में आशा व्यक्त की कि ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण राम जन्म भूमि न्यास द्वारा तैयार डिजाइन के अनुरूप ही करेगा श्री शर्मा ने उम्मीद जताई कि ट्रस्ट में न्यास का ही कोई प्रतिनिधि होगा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिये उधर साधु संतो की जानीमानी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अव्यक्ष नरेन्द्र गिरि ने भी राम मंदिर के बनने वाले ट्रस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल करने की मांग की है उन्होंने कहा कि राम मंदिर आन्दोलन में गोरक्ष पीठ के महत और मुख्यमंत्रो योगी आदित्यनाथ के गुरू अवेद्यनाथ बहुत बड़ा योगदान रहा है